गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधित करेंगे

सीतारामन जीएसटी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है उन्होंने बताया कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है सुश्री सीतारामन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी कानून में यह प्रावधान है कि जिन लोगों ने छह या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है इसलिए यह कहना गलत है कि यह पंजीकरण बिना किसी कारण के रद्द हो जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि केवल लिपिकीय त्रुटियां नहीं बल्कि धोखाधड़ी के मामलों में जहां फर्जी आंकड़ों के आधार पर विसंगतियां पाई जायेंगी उन्हें निलम्बित या रद्द कर दिया जायेगा सुश्री सीतारामन ने कहा कि विशेष डाटा विश्लेषण माध्यमों का उपयोग करके और व्यापक छानबीन के बाद केवल विशेष मामलों में ही धोखाधड़ी करने वालों को निशाने पर लिया जा रहा है प्रधानमंत्री विश्वभारती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सवेरे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

गुरूदेव ने महान उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने कहा था कि विश्व भारती उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जहां ज्ञान की पूंजी हर एक के कल्याण के लिए है विश्व भारती विश्व विद्यालय दुनियाभर में भारत की महान संस्कृति साझा करता है और दुनिया से सर्वोत्तम मूल्य ग्रहण करने को तैयार रहता है

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

चच पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ल्वनज्नइम चैनलों पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म से संबंधित मीडिया इकाईयों को एक निगम के अन्तर्गत लाने से सभी संसाधनों का समन्वित ढंग से प्रयोग किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि सभी मीडिया इकाईयों के कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि भारत में डीटीएच लाइसेंस मौजूदा दस वर्षो के स्थान पर बीस वर्षो के लिए जारी किए जायेंगे और लाइसेंस शुल्क भी वार्षिक के स्थान पर तिमाही आधार पर लिया जाएगा डीटीएच संचालकों को चैनल प्रसारित करने की उनकी कुल क्षमता का अधिकतम पांच प्रतिशत इस्तेमाल करने की अनुमति होगी इन संचालकों से एकमुश्त दस हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा डीटीएच संचालकों के बीच संसाधनों के बंटवारे की भी व्यवस्था की गई है श्री जावडेकर ने कहा कि डीटीएच सेवाओं में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए भी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है

नड्डा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद च्नावों में सबसे बड़ा दल बनाने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है एक टवीट में श्री नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनके निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है समाचार संक्षेप में आज राष्टीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है

आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खण्डवा में वेबीनार का आयोजन किया जायेगा वहीं मंदसौर में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश दोनों राज्यों ने अपने स्थानीय निकायों के कामकाज में काफी सुधार किया है